वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे समेत देश के जाने माने शिक्षाविद और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे हथकरघा दिवस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज मनाया जा रहा है कपड़ा मंत्रालय वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन कर रहा है कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगी

इधर कुल्लू जिला का शरण गांव भी आज देश के चुनिंदा दस हैंडलूम गांवों में शामिल हो जाएगा इस उपलक्ष्य में पतलीकूहल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और नई दिल्ली से होने वाले कार्यक्रम को यहां वर्चुअल तरीके से दिखाया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा जिला के देहरा से विडियो कांफेसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे

जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर घर जल के लक्ष्य के अंतर्गत सुरक्षित और समुचित जलापूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है

शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर मायगॉव पोर्टल के सहयोग से देशभर में नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑन लाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत विषय के अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों से निबंध लिखने होंगे निबंधों का चयन दो स्तरों पर किया जाएगा पहले स्तर पर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इन्हें अंतिम रूप देंगे

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने ऊर्जा मंत्री के कोरोना पॉजीटिव होने को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी व निजी सचिव कोरोना पॉजीटिव दिव्य हिमाचल की सुर्खी है मंत्री बनते ही सुखराम चौधरी कोरोना पॉजीटिव हिमाचल दस्तक ने लिखा है कैबिनेट में कोरोना ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पॉजीटिव दैनिक भास्कर के अनुसार सरकार में कोरोना ऊर्जा मंत्री सुखराम पॉजीटिव भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आइसोलेट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे से जुड़ी खबर को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है चीन तिब्बत सीमा पर बढ़ाएंगे कनेक्टिविटी पंजाब केसरी के शब्द हैं चीन बॉर्डर पर कनैक्टीविटी को सुदृढ़ कर रही हिमाचल सरकार आपका फैसला ने लिखा है लाहौल स्पीति में चीन से सटी सीमाओं पर चल रहा है काम हिमाचल दस्तक ने बकौल मुख्यमंत्री लिखा है कोरोना मामलों में कमी आने पर ही खुलेंगे मंदिर